भारत ने जापान और अमरीका के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि पर दिया जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए आम लोगों से आगे आने का किया आहवान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अर्जेंटीना की यात्रा सम्पन्न होने से पहले विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन के अवसर पर श्री मोदी ने अर्जेटीना के राष्ट्रपति मौरिसियो मेक्री से मुलाकात की उन्होंने आपसी संबंध बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया श्री मोदी ने कहा कि ये जल्द ही श्री मेक्री का भारत में स्वागत करने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे है इस बीच ब्रिक्स के सदस्य देशों ने बहुपद्वीय और निष्पक्ष तथा लोकतांत्रिक और समान प्रतिनिवित्व पर आघारित अंतराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्वता दोहराई है भारत जापान और अमरीका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की खुशहाली के लिए स्वतंत्र समावेशी और नियम पर आधारित व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के फ्र्वानमंत्री शिंजो आबे और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पहली त्रिपक्षीय बैठक में ये विचार व्यक्त किए गए विदेश सविव विजय गोखले ने कहा कि जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन के अवसर पर मैत्रीपूर्ण माहौल में यह बैठक हुई बैठक के बाद एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत साझा मूल्यों के आधार पर इन देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा उन्होंने कहा कि तीनों देशों के नाम के पहले अक्षरों को जोड़ने से जय बनता है जिसका हिन्दी में अर्थ है सफलता जापान अमरीका इंडिया जेएआई इसका भारत के अंदर मतलब होता है जय

तो एक प्रकार से जेएआई ये सक्सेस का मैसेज देकर के हम एक शुभ शुरूआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैठक तीनों देशों के विचारों का संगम थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार कृषि बाजारों को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है इससे किसानों की उपज अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकेगी और उन्हें पैदावार की बेहतर कीमत मिल सकेगी श्री कोविंद कल चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेर्ले के उदघाटन के अक्सर पर बोल रहे थे श्री कोविंद ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार की पहल जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया श्री कोविंद ने किसानों के निस्वार्थ प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश के विकास और लोगों को फायदा पहुंचाने में योगदान किया है उन्होंने पराली जलाने के मुद्दे पर कहा कि सभी संबद्ध पक्षों को इस समस्या का समाधान दूंढना चाहिए

हमारे संवाददाता ने बताया है कि चार दिन के इस आयोजन में लगभग एक सौ पन्वानबे स्टॉल लगाये गये है इनमें आठ देशों के सैतीस स्टॉल शामिल हैं मेले में चालिस हजार से अधिक किसानों के आने की आशा है इस वर्ष मेले का विषय है कृषि में प्रौद्योगिकी किसानों की आय में वृद्धि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपात मोबाइल ऐप के तहत समूचे देश के लिए एक ही नम्बर एक एक दो की घोषणा की है श्री सिंह ने नगालैंड में कल आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली ईआरएसएस का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस मोबाइल ऐप में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक शॉउट फीचर होगा स स स इस वर्ष नवंबर में वस्त और सेवा कर जीएसटी कर संग्रह सन्तानबे हजार छह सौ सैंतीस करोड़ रुपये तक पहंच गया अक्टूबर में कर संग्रह की राशि एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गई थी विज्ञप्ति के अनुसार तीस नवंबर तक उनहत्तर लाख साठ हजार जीएसटी आर श्री बी रिटर्न जमा किए गए राज्यों को अगस्त और सितंबर के महीनों के जीएसटी कर के हिस्से के रूप में ग्यारह हजार नौ सौ बाईस करोड़ रुपये दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रष्टावार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए आम लोगों से भी आगे आने का आह्वान किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंक्श लगाने के लिए समी को जागरूक होना होगा उन्होंने कहा कि सफलता के लिए इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद पहल करे और सफलता की राह खुद बनाये उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाये जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम के कारण भारत की तस्वीर बदली है गोरखप्र के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष स्वच्छता रैली को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इसके साथ ही उन्होंने रैली में शामिल लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलायी उन्होंने कहा कि महात्मा गॉघी की एक सौ पवासवी जयंती के अवसर पर एक दिसम्बर से पन्द्रह दिसम्बर तक प्रत्येक विघानसमा में भाजपा के एक सौ पचास लोगों की टोली घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बता रही है जिससे आम जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिल रही है भारतीय जनता पार्टी ने कल से प्रदेश भर में महात्मा गॉधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में कमल सन्देश पदयात्रा शुरू की पदयात्रा में केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के मंत्रीगण पार्टी के सांसद विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपलबियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं लखनऊ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी बृजेश पाठक आशुतोष टंडन विघायक सुरेश श्रीवास्तव और पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविन्द शुक्ला ने पर प्रदयात्रओं का शुमारम्म किया कुशीनगर में भाजपा के पदयात्रा कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र कुशीनगर के सांसद राजेश पाण्डेय प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिले के कियायकों पार्टी कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए बरेली में केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार और वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पदयात्रा का नेतृत्व किया गोण्डा में सांसद कीर्तिकर्द्वन सिंह और मनकाप्र के विद्यायक एवं समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बागपत में केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने और मथुरा में प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने कमल सन्देश यात्राओं को रवाना किया महराजगंज जिले में विघायक बजरंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में कमल संदेश यात्रा निकाली गयी गोरखपुर में कमल संदेश पद यात्रा की अगुवाई नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने की विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जागरूकता रैली और गोष्ठियों का आयोजन किया गया लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य एड्य नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने एड्स से बचाव और सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया सोसाइटी के परियोजना निदेशक गौरव दयाल ने बताया कि एचआईवी से भयमीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान में एचआईवी संबंधी परामर्श जांच और दवाईयों सहित समुवित स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए किमाग हरसंभव प्रयास कर रहा है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए नियमावली बनायी जायेगी इससे पाठ्यकमों का निर्धारण तथा डिप्लोमा सहित अन्य प्रमाण पत्रों के पंजीकरण की सुक्विया होगी लखनऊ विश्वविद्यालय में यूपी नैच्रोपैथी योग टीचर्स एण्ड फिजीशियन एसोसियेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए प्रदेश के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने यह बाते बताई